देहरादून स्थित राजभवन में आज से दो दिवसीय बसंतोत्सव शुरू हो गया है दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने की खबर किसी भी प्रकार के जान माल के क्षति नहीं सभी यात्री सुरक्षित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

यह छह स्थान हैं जम्मू इम्फाल पटना भुवनेश्वर पुणे और बेंगलुरू नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावडेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे

देहरादून में आज इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है

इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और अरविंद पांडेय होंगे मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी स्लग गैरसैण कमिश्नरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा घोषित गैरसैंण मण्डल में बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को शामिल किये जाने के मामले में फिर से विचार कर इस घोषणा को स्थगित किये जाने को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से अनुरोध किया है

पुलिस महानिदेशक बैठक उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज हरिद्वार के मेला कंट्रोल रूम में बैठक की बैठक में शिवरात्रि के दिन शाही स्नान की व्यवस्थाओं और खामियों की समीक्षा की गई पुलिस ने इस आयोजन को सफल बताया बैठक में हरिद्वार कुम्भ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कोविड गाइडलाइन समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कुम्भ को लेकर सभी सेक्टर अधिकारियों और मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया

इसकी तैयारी की जा रही है

इसकी शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने की वसंतोत्सव में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है इसमें फूलों की विभिन्न प्रजातियों के अलावा उत्तराखंड के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है इस बार वसंतोत्सव में वृंदावन की फूलों की होली और मयूर नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं

उन्होंने कहा कि लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दो गज की दूरी बनाए रखें

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सभी प्रदेशवासियों से फूलदेई पर्व को लोकप्रिय बनाने की अपील की है श्री बलूनी ने कहा कि फूलदेई पर्व जन जीवन ऋतुओं और वैज्ञानिक पक्ष से जुड़ा हुआ है और किसी भी समाज के विकास में रीति रिवाजों और लोकपवों का प्रमुख योगदान होता है

यह हादसा कांसरों रेलवे स्टेशन के निकट हुआ बोगी में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है रायवाला पुलिस के मुताबिक पुलिस और रेल कर्मचारियों ने बोगी संख्या सी पांच में फंसे सभी लोगों को सामान सहित सकुशल दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया है प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है